जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षाएं दुर्गापूजा के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है झारखंड के कुश्ती कोच बबलू कुमार और राष्ट्रीय स्तर की पहलवान चंचला कुमारी का चयन राष्ट्रीय कृश्ती प्रशिक्षण के लिए हुआ है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

वहीं छह हजार आठ सौ बानबे सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड़ अस्पतालों में चल रहा है अबतक राज्य में कोरोना की वजह से आठ सौ बीस लोगों की मौत हो चुकी है

स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है इस समय देश में संक्रमण के केवल ग्यारह दशमलव एक दो प्रतिशत मामले हैं कुल आठ लाख बारह हजार लोग संक्रमित हैं भारत में मृत्युदर एक दशमलव दो प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है

इसके साथ ही पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट का भी उदघाटन हआ अस्पताल का उदघाटन उपायुक्त उमा शंकर सिंह बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल प्रसाद तथा नर्स सुनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया

पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट का उदघाटन हर्ल के महाप्रबंधक हिम्मत सिंह चौहान ने किया

इतने कम समय में इस कार्य को पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा यहां गंभीर लक्षण वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाएगा

जिला प्रशासन अधिक से अधिक लोगों की जांच कर संक्रमित को आइसोलेट कर उनका उपचार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है

इन दिशा निर्देशों में मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है जिनका मनोरंजन या क्रिएटिव एजेंसियों कलाकारों और अन्य लोगों को पालन करना होगा कलाकारों और अन्य सहकर्मियों ग्रीन रूम के प्रबंधन मंच प्रबंधन वस्त्र और मेकअप ट्रायल तथा मंच और खुले क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था सहित सभी स्थानों को सेनेटाइज करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मौके का आकलन करने के बाद अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती हैं

इसी कड़ी में फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करनेवाले अभिनेता राजा बुंदेला ने भी लोगों से सभी तरह की सावधानियां बरतने की अपील की

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्डा और अतिरिक्तक मीटरों पर सुना जा सकता है

जैक के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षाओं की तिथि इसी माह घोषित की जायेंगी जैक ने परीक्षाओं के लिए राज्यभर में छह सौ परीक्षा केंद्र बनाये हैं

मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के अलावा मदरसा मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं भी होंगी इसके अलावा मॉडल स्कूल इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे स्कूलों में नामांकन के लिए होनेवाली प्रवेश परीक्षाएं भी ली जायेंगी आज से रांची में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम सात माह के बाद शुरू हो गया है पहले दिन लगभग दो सौ लोगों के लर्नर लाइसेंस और लाइसेंस की स्क्रटनी और फोटोग्राफी की जायेगी

लोगों की सुविधा के लिए काउंटर और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ायी गयी है

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोयला कर्मियों को चार हजार दो सौ रुपये अधिक बोनस मिलेगा इसका लाभ तीन लाख कोयला कर्मचारियों को मिलेगा पहली बार रांची में हुई कोल इंडिया की बैठक में इस बात पर सहमति बनी सीएमपीडीआई सभागार में चार केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया

बोनस की राशि बाइस अक्तबर तक कोयला कर्मियों के खाते में डाल दी जायेगी केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं और बच्चों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संशस्त्र बल इंडा दिवस कोष में खुले दिल से दान दें

रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करता है उन्हें बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अनुदान सहायता दी जाती है यह वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से दी जाती है सशस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर लोग इस कोष में अंशदान करते हैं यह दिवस हर वर्ष सात दिसम्बर को मनाया जाता है

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष खुंटिया ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से बीमारी विशेष बीमा लाने का अनुरोध किया है इससे बीमा धारकों को विभिन्न बीमारियों की उपचार में मदद मिल सकेगी मुंबई में आयोजित स्वास्थ्य बीमा बैठक में श्री खुंटिया ने कहा कि ऐसे विशेष बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनियां चिकित्सा विशेषज्ञों को एक साथ ला सकती हैं ताकि वे बीमा धारकों को बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरुक कर सकें उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र ने स्वास्थ्य देखभाल के तीसरे स्तर या अस्पताल में भर्ती कराने पर ध्यान केंद्रित किया है लेकिन अब प्राथमिक और दूसरे स्तर की स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देने की आवश्यकता है चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के बचरा रेलवे साइडिंग में कल देर रात हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की वही कोयला लोडिंग में लगे एक लोडर व दो डम्पर को आग के हवाले कर दिया घटना के बाद सूचना मिलते ही टंडवा एसडीपीओ आशुतोष सत्यम दलबल के साथ मौके पर पहंचे और आग बुझाने का प्रयास करने के साथ साथ मामले की जांच में जूट गए घटना के बाद जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल है घटना की सूचना मिलते ही एसपी ऋषभ झा और एएसपी अभियान निगम प्रसाद भी घटनास्थल पहुंचे एसपी ने कहा है कि वाहनों के फूंके जाने की जानकारी मिली है घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है या अपराधियों ने यह बताना अभी जल्दबाजी होगी जामताड़ा जिले में साइबर पुलिस ने नारायणपुर थाना के मोचीआईडीह गांव से पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहीं तीन अपराधी छार्पेमारी के दौरान फरार हो गये एसपी दीपक क्मार सिन्हा ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बन कर लोगों के बैंक खातों के नंबर ओटीपी सहित अन्य जानकारियां हासिल कर उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे

ये दोनों साई द्वारा पच्चीस अक्तबर से लखनऊ में आयोजित होनेवाले तीन महिने की शिविर में शामिल होंगे

बबलू क्मार चंचला के कोच हैं संक्षिप्त खबरें आपीएल की टीम चेनई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी देनेवार्ल नाबालिग को पुलिस कल रांची लायी थी आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था कल रांची में अदालत में पेश करने के बाद उसे रिमांड होम भेज दिया गया चतरा जिले के सिमरिया थाना पुलिस ने दाड़ी गांव में खेत में स्थित कुएं से दो माह से लापतायुवक का शव बरामद किया है इधर शव मिलने के बाद मुतक के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है रामगढ़ में पुलिस ने कल देर रात लावारिस हालत में एक कार बरामद की